इसे ऐतिहासिक कार्यक्रम बताते हुए श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नाम की इस योजना से सहायता राशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन कार्यक्रम का जिक्र करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि इससे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को साठ साल के बाद तीन हजार रुपये मासिक पेंशन मिलेगी वित्त मंत्री ने आयकर छूट की सीमा को ढाई लाख से बढ़ाकर पांच लाख करने की घोषणा की

वित्तमंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल बनाया गया है

इसके बाद के आठ वर्ष में इसे दस ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है स्वस्थ भारत को सरकार के विजन में महत्वपूर्ण बताते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि एनंडीए सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरूआत की है

डिजिटल भारत के निर्माण को सरकार का महत्वाकांक्षी विजन बताते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्ष में एक लाख गांवों को डिजिटल गांव बनाने का है

पहले यह सिर्फ विदेशी निर्माताओं के लिए थी

वित्तमंत्री ने बताया कि मौजूदा वर्ष में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आबंटन बढ़ाकर सात सौ पचास करोड़ रूपये कर दिया गया है रक्षा बजट पहली बार तीन लाख करोड़ रूपये से अधिक करने का प्रस्ताव किया गया है

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बजट को सर्वसमावेशी करार दिया है

संसद भवन के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है केन्द्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने बजट को व्यापक और पूर्णता वाला बताया है सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्दधन राठौड़ ने कहा कि यह बजट देश के विकास के लिए है और इससे ढांचागत विकास को बल मिलेगा विपक्ष ने केन्द्रीय बजट को भारतीय जनता पार्टी का चुनावी बजट बताया है

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि किसान मजदूर व्यापारी युवाओं समेत हर वर्ग का ध्यान रखा गया है वहीं प्रदेश भाजपा प्रवक्ता और विधायक सतीश पूनिया ने कहा कि बजट पर मध्यम वर्ग और किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है

उन्होंने कहा कि सरकार के पास इन घोषणाओं को लागू करने का समय नहीं बचा है

इस दुर्घटना में किसी जनहानि की सूचना नहीं है रेलवे और प्रशासन के अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंच कर बचाव और राहत कार्य शुरू किया उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी अभय शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि ये ट्रेन जबलपुर से अजमेर जा रही थी और जयपुर जंक्शन पहुंचने से पहले ही यह दुर्घटना हो गई